यह पुरस्कार पिछली फसल में बेहतर कृषि पैदावार के लिये दिये जाएंगे होशंगाबाद जिले की दो महिला किसान कंचन वर्मा और शिवलता मेहतो तथा खरगोन के किसान शोभाराम यादव को भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जायेगा नरेन्द्र मोदी दिसंबर फरवरी अवधि के लिये प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के अंतर्गत देशभर के आठ करोड़ किसानों के लिये धन भी जारी करेंगे शाम को वे रक्षा अनुसंधान विकास और संगठन देखने जाएंगे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस अवसर पर देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु गोविन्द सिंह जी ने लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरु गोविन्द सिंह जीवनभर अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे उनकी शिक्षाएं युगांतरकारी हैं जो हमेशा प्रासंगिक रहेंगीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि गुरू गोविंद सिंह ने धर्म और समाज की रक्षा की खातिर अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया उन्होंने सदैव भाईचारे और मानवता का संदेश दिया ब्रहानपुर के बड़ी संगत ग्रूद्वारे सहित अन्य गुरूद्वारों में भी विभिन्न आयोजन हो रहे हैं ग्वालियर के डबरा में आज गुरूग्रंथ साहिब की पालकी निकाली जा रही है इसके अलावा नगर कीर्तन और लंगर का भी आयोजन हो रहा है संघ की बैठक राष्ट्रीय स्वयं संघ की पांच दिवसीय बैठक आज से इंदौर में शुरू हो रही है इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत यहां पहुंच गये हैं समाचार एजेंसी वार्ता के अनुसार इस बैठक के दौरान मोहन भागवत इंदौर में ही रहेंगे इस बैठक में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा संभावित है इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए भाजपा के शीर्ष पदाधिकारियों के भी इंदौर पहंचने की संभावना जताई जा रही है इस पांच दिवसीय बैठक के दौरान तीन दिन अखिल भारतीय पदाधिकारियों की बैठक होगी वहीं एक दिन अनुषांगिक संगठनों की बैठक होगी इसके अलावा एक दिन प्रबुद्ध जनों की बैठक के लिए रखा गया है हनुमंतिया महोत्सव मुख्यमंत्री कमलनाथ कल खंडवा जिले में हनुवंतिया जल महोत्सव का शुभारंभ करेंगे राज्य पर्यटन निगम द्वारा ये महोत्सव आयोजित किया जा रहा है जिला कलेक्टर तन्वी सुन्द्रियाल ने महोत्सव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने अधिकारियों को सैलानियों के लिए समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिये जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल पर एलईडी टीवी लगाने और कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करने को कहा मौसम प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश और घना कोहरा छाये रहने के साथ ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही है राजधानी भोपाल में भी आज सुबह बादल छाये रहे मगर दोपहर में हल्की धूप निकलने से ठंड से राहत मिली न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि हुई कोहरे की वजह से दिल्ली से आने वाली शताब्दी सहित कई ट्रेने देर से चली

उमरिया जिले की चंदिया तहसील में बारिश के साथ ओले गिरे हैं जिले में ठंड के कारण तीन जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है मंडला में भी कल रात को बारिश हुई वहीं बालाघाट जिले में बीते दो दिनों से बारिश का दौर जारी है जिससे ठंड का असर बढ़ गया है वहीं अधिक बारिश होने से फसलों को नुकसान की आशंका है मंदसौर में कोहरे की वजह से दस मीटर तक की दूरी दिखाई पड़ रही थी

तेगशूडो मार्शल आर्ट की एक विधा है

इसकी शुरूआत विभिन्न आयोजनों से हुई